इसके लिए देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बापू की समाधि पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की वहीं विजयघाट स्थित शास्त्री जी की समाधी पर सभी प्रमुख नेताओं ने उन्हें पुष्मांजलि अर्पित की अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ सक्षम सुदृढ़ तथा खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का आहवान किया उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि गांधीजी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्यप्रेम और मानवता की निःस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों महापुरुषों को श्रद्वांजलि अर्पित की श्री चौहान ने इस अवसर पर भोपाल स्थित गांधी भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी विश्व के लिए न सिर्फ उपयोगी हैं बल्कि उनके विचारों और दर्शन में अनेक समस्याओं का समाधान भी छिपा है वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया विधानसभा अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महापुरुषों की जयंती के मौके पर नगर पालिका परिषद द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए मुरैना में राजनीतिज्ञों ने गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया होशंगाबाद में गांधी चौक रिथत बापू की प्रतिमा पर राजनैतिक दलों सामाजिक संगठनों वरिष्ठ नागरिकों ने माल्यार्पण कर श्रद्वांजलि अर्पित की झाबुआ में कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाई जा रही है इंदौर जबलपुर पन्ना श्योपुर दतिया सतना सीधी सहित विभिन्न जिलों में दोनों महापुरुषों की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं

यहां उन्होंने बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बसे विस्थापितों से बातचीत की थी मेरे दुखी भाइयों और बहनों मुझे तो पता नहीं है कि सिवाए आपके मुझे कोई भी सुनता है या नहीं यह अनुभव मेरी ज़िंदगी में मेरे लिये द्रसरा है

मुझको पता ही नहीं था कि मुझको इस तरह से कुछ बोलना है

जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब ढाई लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शाम को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे